शिवहर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित यूको बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दोपहर बत्तीस लाख रूपये से अधिक लूट लिये बताया जाता है कि छह अपराधियों ने बैंक के भीतर घुसकर बैंक कर्मचारियों को हथियार का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि अपराधी तीन मोटरसाईकिलों पर आये थे लुटेरों की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है राज्य के हाई स्कूलों और प्लस टू विद्यालयों में छठे चरण के तहत शिक्षकों के नियोजन के लिये नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है राज्यपाल के आदेश से शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इकतीस दिसम्बर तक चूने गये अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र जारी कर दिया जायेगा शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई नियोजन समिति द्वारा एक नवम्बर को मेधा सूची के अनुमोदन के साथ ही शुरू होगी चार नवम्बर को औपबंधिक तथा तीस नवम्बर को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा इसके बाद की प्रक्रिया अठाईस दिसम्बर तक पूरी कर ली जायेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का तेजी से निर्माण करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है श्री कुमार ने आज पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राज्य के सभी विश्वद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया दस नवम्बर से पहले शुरू करने का निर्देश दिया है यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने पत्र लिखकर उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी पर गंभीर चिंता जतायी है पत्र में कहा गया है कि इस वर्ष दस नवम्बर तक शिक्षकों की बहाली संबंधी प्रक्रिया शुरू कर इसे आयोग के एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपडेट किया जाये प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और इन सब्जियों के प्रमाणीकरण के लिये एक सौ पचपन करोड़ रूपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गयी है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अगले तीन वर्षो के तहत जैविक कोरिडोर वाले बारह जिलों में यह राशि खर्च की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि इसके तहत स्वास्थ्य वर्द्धक सब्जी का उत्पादन मिट्टी की उपज में बढ़ोतरी लाभदायक जीवाणुओं के संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जायेगा इस योजना का लाभ पटना बक्सर भोजपुर नालंदा वैशाली सारण समस्तीपुर बेगूसराय लखीसराय खगड़िया भागलपुर और मुंगेर के किसानों को प्राप्त होगा राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र में अत्याधुनिक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है केन्द्र के परियोजना समन्वयक अमिताभ ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत के विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बारे में रोचक तरीके से जानकारी दी जा रही है

इस एग्जिविशन के माध्यम से हमलोगों ने इसको भी दिखाने की कोशिश की है यहां पर एक लार्ज फॉरमैट फिल्म हम दिखा रहे हैं जिस पर भारत सरकार की इसी मुद्दे पर एक वीडियो फिल्म चल रही है दूसरा यहां पर हम आपको एक कंपेरिजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय भारत का प्रिंसिलि स्टेट का भारतीय संघ में विलय हुआ उससे ही आगे पीछे कुछ इटली और जर्मन का भी हुआ तो ये कंपेरिजन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनी देखने आये एक दर्शक ने बताया कि इसके माध्यम से देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है

मैं भमुआ डिस्ट्रिक्ट से आया हूं

बहत अच्छा लगा यहां पर टेक्नोलॉजी को बहत अच्छे स्तर पर उपयोग किया गया है

मेरा फैमिली भी आया हुआ है साथ में हमलोग सारे ग्रप में सेल्फी लिये बहुत अच्छा लगा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी दिसम्बर महीने तक चलेगी केन्द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गों विशेषकर यूवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और भेदभाव और भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार समाज बनाया जा सके सप्ताह के दौरान कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी आज आकाशवाणी पटना परिसर में केन्द्राध्यक्ष वेद प्रकाश ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलायी कटिहार जिले में दीपावली के दिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक हजार पचास लाभार्थियों को आशियाना उपलब्ध कराया गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से इस अवसर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित कर लाभार्थियों को उनके घरों की चाभी सौंपी गयी

कटिहार की उप विकास आयुक्त वर्षा सिंह ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत तेईस हजार चार सौ छिहत्तर आवासों का निर्माण अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा जिला प्रशासन ने लामार्थियों को बिचौलियों के झांसे में नहीं आने और योजना के अंतर्गत राशि मिलने पर निर्माण कार्य पूरा करने की अपील की है आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी राजधानी पटना समेत राज्य भर में अधिकांश स्थानों पर आकाश में आंशिक रूप से बादल छाये हुए हैं कहीं कहीं हल्की ब्रंदाबांदी भी हुई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि चक्रवाती हवा का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने से कल से आकाश साफ रहेगा हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी होने से ठंड का एहसास बढ़ेगा गोवर्धन पूजा आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनायी गयी इस अवसर पर पशुपालकों ने गायों की प्रजा की राज्य के कई स्थानों पर पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया इधर पटना के कंकड़बाग में आयोजित गोवर्धन प्रजा समारोह में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय और राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव शामिल हुए राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं दीपावली के बाद अब राज्य भर में महापर्व छठ की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाने लगा है राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में छठ घाटों की साफ सफाई में जिला प्रशासन छठ समितियां और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता जुट गये हैं पटना में गंगा घाटों को अर्घ्य अर्पित करने के लिये सुविधापूर्ण बनाया जा रहा है इसके साथ ही घाटों तालाबों और उनके सम्पर्क पथों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने गंगा घाटों तक जाने के लिए बनने वाले अस्थायी पुल पुलियों की नियमित जांच का निर्देश दिया पटना जिला प्रशासन ने छठ को लेकर छठ प्रजा पटना नाम से एक मोबाईल एप्प लांच किया है इसके माध्यम से श्रद्वालुओं को छठ घाट सहित विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी इधर बाजार भी छठ प्रजा सामग्रियों से सजने लगे हैं प्रजा में उपयोग होने वाली आम की लकड़ी मिट्टी के चूल्हे और सूप दौरे की दुकानें भी सज गयी हैं इकतीस अक्टूबर को नहाय खाय के अनुष्ठान के साथ महापर्व छठ की शुरूआत हो जायेगी बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखासन पुल के पास पुलिस ने एक सवारी गाड़ी से सत्तर कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया वहीं नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों से पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया दोनों गिरफ्तार युवक को शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर नवादा जेल भेज दिया गया है गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के टेकारी रोड मोहल्ला स्थित कूलर के गोदाम में आग लगने से करीब दस लाख रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी पूर्वी चंपारण जिला पुलिस ने वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र से अंतर जिला बैंक लुटेरा गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है